इस कार्रवाई में जैश के कई आतंकवादी और प्रशिक्षक मारे गये तथा कई कमांडर भी ढेर हो गये आज सुबह सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि पुलवामा सहित देश में हुए कई हमलो के लिये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पूरी तरह जिम्मेदार है भारत द्वारा इस आतंकी संगठन के ट्रेनिंग कैम्पों के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई उन्होंने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई में स्थानीय लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो इसका विशेष ध्यान रखा गया उन्होंने बताया कि कार्रवाई में जैश के कई ठिकाने तबाह कर दिये गये है श्री गोखले ने पुलवामा हमले का जिक करते हुए कहा कि बिना पाकिस्तान की जानकारी के ये आतंकी हमला संभव नहीं था

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कहा कि देश की रक्षा के लिए जरुरी कदम उठाया गया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके लिए सेना को पूरी छूट दी थी पूरा देश उसके साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि पूरे देश को प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायु सेना की कार्रवाई को महापराक्रम बताते हुए वायु सेना को बधाई दी श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वायु सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना के सैनिकों को सलाम किया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारतीय वायु सेना को सलाम करता हूँ कई केन्द्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी वायुसेना के शोर्य को अपने अपने शब्दों में सराहा है इधर पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है पाकिस्तान की हर गतिविधि पर कडी नजर रखी जा रही है

प्रधानमंत्री आवास पर करीब एक घंटे चली बैठक में श्री मोदी को आज तड़के वायू सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी बैठक में आगे की रणनीति और एहतियाती तौर पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी श्री मोदी के अलावा बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वित्त मंत्री अरूण जेटली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौवा और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया इस बीच तीनों सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस तथा मुस्तैद रहने को कहा गया है

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के माकुल इंतजाम किये गये है

कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे

लोकसभा चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने दो आरएएस अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा है

इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं गौरतलब है कि राज्य में पत्नी या पूत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये इसमें से जो भी कम हो स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है इस पर श्री गहलोत ने पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल संपत्ति गिफ्ट डीड करने को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का निर्णय लिया

उधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा ने कहा कि कार्मिको के नियमितिकरण के लिये सरकार ने मंत्रिमंडलीय कमेटी बना रखी है उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के सामुहिक अवकाश पर जाने वाले कार्मिको के अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायेंगे

इस कार्यशाला में हनुमानगढ़ और जिले में कार्यरत मीडियाकर्मी शामिल होंगे पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के निदेशक प्रेम प्रकाश भारती ने बताया कि वार्तालाप का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं और सम सामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है ताकि वे अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें